पोषण अभियान में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर जोर इन्वेस्टर्स समिट के लिए फूलप्रफ व्यवस्थाएं और तैयारियां इसी महीने करनी होंगी पूरी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये प्रदेश में तेजी से हो रहा ऑलवेदर रोड का निर्माण कार्यटिहरी जिले के लोग योजना से खुश पर्यटक भी कर रहे योजना की सराहना भीड़ हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रदेश में की जा रही पुख्ता व्यवस्थाएंहर जिले में उच्चस्तरीय नोडल अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है स्लग प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार पांच रुपए कर दिया है इसी वर्ग में दो हजार दो सौ पचास रुपए का मासिक मानदेय प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय अब तीन हजार पांच सौ रुपए मासिक कर दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह के अंतर्गत आशा ए एन एम और आंगनवाड़ी सेविकाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकार पोषाहार और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखरेख की पर ध्यान केंद्रित कर रही है साथ ही सरकार आशा एएनएम और आंगनवाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए भी कई उपाय कर रही है आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि दोगुनी करने की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योाति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा दी जाएगी यानि दोनों मिलाकर के चार लाख रूपए का बीमा यानि दो दो लाख के तहत उनको और उनके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है टीकाकरण के प्रयासों में तेजी आने और इससे खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को मदद मिलने के बारे में श्री मोदी ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत देश के टीकाकरण अभियान को दूर दराज और पिछड़े इलाकों के बच्चों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है उन्होंने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की श्री मोदी ने देश के ऐसे हजारों डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया जो गर्भवती महिलाओं का निशुल्क इलाज कर रहे हैं स्लग सीएम इन्वेस्टर्स समिट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर्स समिट के लिए फुलप्रफ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और सभी तैयारियां इसी महीने में पूरी करने के निर्देश दिये हैं देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में प्रतिभाग करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योगपति विभिन्न कम्पनियों के सीईओ उद्यमी आएंगे उन्हें उत्तराखण्ड में निवेश करने के फायदे बताये जाएंगे और उनकी हर जिज्ञासा का समाधान किया जाना है इसके लिए उन्होंने समिट में फोकस किए जा रहे क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को हर जानकारी से लैस होने के निर्देश दिये हैं श्री रावत ने निर्देश दिये कि इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन स्थल पर उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति की झलकी दिखाई दे समिट में भाग लेने वाले निवेशकों और उद्यमियों को परोसे जाने वाले भोजन में उत्तराखण्ड के व्यंजन भी रखे जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए बैकवर्ड लिंकेज की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान रखा जाए इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने के निर्देश दिये श्री रावत ने तकनीकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चुनिंदा छात्रों को भी इसमें प्रतिभाग करने का अवसर देने की बात कही ताकि वो कुछ सीख सकें उन्होंने कहा कि इस मौके का लाभ उत्तराखण्ड के पर्यटन विशेष रूप से विंटर टूरिज्म को प्रोमोट करने में भी किया जा सकता है पर्यटन भी इन्वेस्टर्स समिट का प्रमुख फोकस क्षेत्र है इसमें फॉग फ्री विंटर टूरिज्म पंच लाईन हो सकती है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहर की साफ सफाई सड़कों का सुधारीकरण सौंदर्यीकरण आदि काम युद्वस्तर पर करने के भी निर्देश दिये हर हाल में इस माह के अंत तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं स्लग अजय टम्टा केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री अजय टम्टा ने कहा कि वन भूमि अधिनियम से सम्बन्धित जो मामले जनपद के लम्बित है उनका निस्तारण वनाधिकारी व कार्यदायी संस्था मिलकर करें अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा में रेखीय विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिये श्री टम्टा ने घ्रसों छाना मोटर मार्ग तोली मल्ली तोली रोड रेलाकोट मोटर मार्ग का कार्य संपन्न करने के निर्देश भी दिये

उन्होंने कुंभ से पहले गंगा को निर्मल बनाये जाने की बात भी कही जनपद हरिद्वार के सौन्दर्यीकरण और हरितीकरण के सम्बन्ध में बैठक में श्री रावत ने कहा कि स्वच्छता अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है हरिद्वार नगर निगम के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर शहर में कूड़ा निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि समय पर कूड़ा निपटान और सार्वजनिक स्थलों की सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के जिलाधिकारी को जनपद के बाहरी क्षेत्रों में ब्र्चड़खानों से निकलने वाले खून और मांस को नालों में सीधा प्रवाहित करने की घटनाओं पर कड़ाई से रोक और सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए

इससे हर मौसम में देश विदेश के श्रद्वालु और पर्यटक सुगम यात्रा कर सकेंगे टिहरी जिले के लोग केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट से बेहद खुश हैं नरेंद्र नगर विकासखण्ड के चौंपा गांव निवासी प्रेम सिंह और खाड़ी के व्यापारी विक्रम सिंह का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा

इस योजना से प्रदेश में जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा वहीं स्थानीय लोंगो को रोजगार मिलेगा और पहाड़ से हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी स्लग भीड़ हिंसा भीड़ हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार पुख्ता व्यवस्थाएं कर रही है प्रमुख सचिव आनंद वर्दधन ने बताया कि इसके लिए पुलिस जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं हर जिले में इसके लिए उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा रही है इसके साथ ही खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है प्रमुख सचिव ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने को सभी को अधिकार है